केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने किसी क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर हिन्दी थोपने की बात कभी नहीं कही थी नई दिल्ली में एक समारोह में श्री शाह ने जोर देकर कहा कि उन्होंने मातृभाषा के अलावा हिन्दी को दूसरी भाषा के रूप में सीखने का अनुरोध किया था

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सूखा प्रभावित पंचायतों में हर परिवार को तीन तीन हजार रूपये की सहायता राशि दी जायेगी परिवार के पास खेती की जमीन है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं है सरकार ने इस सहायता राशि के लिए जमीन को मानक नहीं बनाया है लाभार्थी के पास सिर्फ चयनित पंचायत का पता उनके आधार कार्ड में दर्ज होना चाहिए साथ ही आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए गौरतलब है कि सरकार ने अठारह जिलों के एक सौ दो प्रखंडों के आठ सौ छियानवे पंचायतों को सुखा प्रभावित घोषित किया है केन्द्र सरकार द्वारा पंचायतों में बेहतर काम के लिए दिये जाने वाले दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार के लिए बिहार की तीन पंचायतों का चयन किया गया है इसमें जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड की धरनाई नालंदा के नगर नौसा की दामोदरपुर बालधाह और सीतामढ़ी के सोनवर्षा की सिंघवाहिनी पंचायत शामिल हैं इसके अलावा ग्राम सभा के बेहतर आयोजन के लिए जहानाबाद के धरनाई पंचायत का चयन नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के लिए भी किया गया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने अंशधारकों को वित्तीय वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के लिए आठ दशमलव पांच पांच प्रतिशत की जगह आठ दशमलव छह पांच प्रतिशत ब्याज देने का फैसला किया है केन्द्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने यह जानकारी दी इससे छह करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को अठहत्तर दिन के बोनस को मंजूरी दे दी है

एक अन्य फैंसले में मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन आयात वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी यह निर्णय युवाओं पर ई सिगरेट के बढ़ते दुष्प्रभावों को देखते हुए लिया गया है ई सिगरेट बैटरी चालित उपकरण है जो निकोटीन युक्त पदार्थ को गर्म करके एयरोसोल पैदा करता है जिससे नशा होता है भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव से भी बेहतर रहेगा पदभार संभालने के बाद पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री जायसवाल ने कहा कि पार्टी का हरेक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है और जो भी लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं उसे पूरा करने में हरेक की भूमिका होती है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारियां दी गयी हैं उसे वे पूरा करने का हरसंभव प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के स्वर्ण पदक विजेता छात्र छात्राओं को इकतीस हजार रूपये की सम्मान राशि देगी पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि इस पर जल्द ही नीतिगत निर्णय लिया जायेगा बीपीएससी के पूर्व सदस्य रामकिशोर सिंह पर पैसे लेकर साक्षात्कार में पैरवी करवाने के आरोप में निगरानी जांच ब्यूरो ने आयोग से छप्पनवीं से अठानवीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा के कई कागजात की मांग की है इस सिलसिले में ब्यूरो के डीएसपी ने सचिव उपसचिव और परीक्षा नियंत्रक से लंबी प्रछताछ की आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा की अनुपस्थिति के कारण उनसे पूछताछ नहीं हो सकी नाबालिग से दुष्कर्म मामले में राजद विधायक अरुण यादव के पैतृक घर और भोजपुर जिले के संदेश और पटना स्थित सरकारी आवास पर पुलिस ने इश्तेहार चिपका दिया है वहीं विधायक की गिरफ्तारी के लिए भोजपुर और पटना जिले में संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है पटना के नौबतप्र सिक्का लूटकांड के अपराधियों को पैसे लेकर छोड़ देने के मामले में बेऊर के पूर्व थानाध्यक्ष समेत सात के खिलाफ आरोप पत्र दायर की गयी है पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत में दायर आरोप पत्र में पूर्व थाना अध्यक्ष प्रवेश भारती पांच प्रलिसकर्मी और एक निजी गाड़ी के चालक को आरोपित बनाया गया है स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी के दौरान गायब रहने वाले एक सौ चौरानवें डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की है इनमें से तेरासी डॉक्टरों को एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिया गया है वहीं एक सौ ग्यारह डॉक्टरों के मानदेय में एक सप्ताह की कटौती की गयी है इधर आईएमए की बिहार शाखा ने डॉक्टरों के खिलाफ की गयी कार्रवाई को वापस लेने का सरकार से आग्रह किया है बेतिया सामूहिक दुष्कर्म मामले की पीड़िता मेडिकल जांच में नाबालिग पायी गयी है पुलिस अधीक्षक जयतकांत ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में पॉक्सो एक्ट जोड़ा जायेगा इधर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्र के नेतृत्व में एक टीम ने बेतिया पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली पटना की एक अदालत ने दस वर्षीय एक बच्चे के अपहरण के बाद यौनाचार कर उसकी हत्या के मामले में दोषी कैलाश क्मार उर्फ नेपाली को बयालीस वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है कोर्ट ने कहा कि दोषी ने ऐसा घृणित आपराधिक कार्य किया है जो समाज के लिए बेहद खराब है और वह समाज में रहने के लायक नहीं हैं यह घटना वर्ष दो हजार तेरह की है दोषी ने दीघा थाना के कूर्जी स्थित मगध कॉलोनी से एक बच्चे का अपहरण कर घटना को अंजाम दिया था गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी के कारण पटना बक्सर भागलपुर भोजपुर वैशाली और सारण जिले में हाई अलर्ट कर दिया गया है इन जिलों में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की आठ टीमों की तैनाती की गयी है पटना में नदी का जलस्तर बढ़ने से दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क ट्रट गया है बिंद टोली और एलसीटी घाट के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिये गये हैं जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि पटना में सभी बांध सुरक्षित हैं उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और प्रशासन पूरी तरह नजर बनाये हुए है इधर केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी पटना के दीघा घाट गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही है वहीं सोन नदी का जलस्तर मनेर में लाल निशान से आधा मीटर ऊपर है जबकि पुनपुन नदी का जलस्तर श्रीपालपुर में खतरे के निशान को पार कर गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली इंटर और मैट्रिक परीक्षा का डमी प्रवेश पत्र जारी कर दिया है छात्र इस प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि में चौबीस सितम्बर तक सुधार करा सकते हैं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 हिन्दुस्तान लिखता है अयोध्या पर जिरह एक माह में पूरी हो सूप्रीम कोर्ट दैनिक जागरण ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है एनआरसी पूरे देश में प्रभात खबर की सूर्खी है कोल इंडिया में नौ हजार पदों के लिए जल्द होगी भर्ती